शारदीय नवरात्र के आठवें दिन माता महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना

पटना के निचले इलाकों में जलजमाव के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ गया है अब तक डेंगू के नौ सौ से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराये गये हैं कल एक दिन में राजधानी में डेंगू के एक सौ सत्तर मरीजों की पहचान हुयी पीएमसीएच में अब तक सात सौ पचहत्तर डेंगू के मरीजों की पहचान हो चुकी है डेंगू के प्रकोप को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्लेटलेट्स का भंडारण सुनिश्चित किया है ये जानकारी देते हुये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि डेंगू के साथ ही सांस से संबंधित रोग सांप काटने कुत्ता काटने सहित अन्य आवश्यक बीमारियों से निपटने के लिये जीवन रक्षक दवाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है इस बीच राजधानी पटना में जलजमाव की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है लेकिन कई इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों की समस्याएं बनी हयी हैं पानी सड़ने के कारण इन मोहल्लों में महामारी की आशंका बढ़ गयी है मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से कंकड़बाग राजेंद्रनगर और न्यू पाटलिपूत्र इलाके के बड़े हिस्से में लोग तेजी से डेंगू की चपेट में आ रहे हैं बाजार समिति में जलजमाव होने से कारोबार ठप है इधर राजेंद्रनगर टेलिफोन एक्सचेंज में बारिश का पानी घ्रस जाने से बीएसएनएल का नेटवर्क पिछले आठ दिनों से ठप है राजेंद्रनगर रोड नम्बर छह में अभी तक बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है इस बीच नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने जलजमाव के लिये नगर निगम और बुडको को दोषी ठहराया है उन्होंने कहा कि निगम ने अपने दावों के अनुरूप नालों की सफाई नहीं करायी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि पटना में जलजमाव से प्रभावित परिवारों को पचहत्तर केंद्रों पर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है विभाग द्वारा इन केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर दवा वितरण छिड़काव और जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय केंद्रीय दल ने बिहार के बाढ़ प्रभावित पटना और भागलपुर जिले का दौरा किया केंद्रीय दल ने जिला प्रशासन के साथ बातचीत की और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की केंद्रीय दल आज अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा केंद्रीय टीम में शामिल संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार ने बताया कि बिहार में हुये बाढ़ से नुकसान का आकलन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कटिहार खगड़िया और पूर्णिया सहित पंद्रह जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है प्रदेश की सभी नदियों के जलस्तर में कमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है जिसके चलते बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है हालांकि प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों इलाकों की स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुयी है पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर कटिहार नालंदा नवादा बेगूसराय समस्तीपुर खगड़िया मुंगेर जहानाबाद अरवल और लखीसराय जिले की बाईस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है इस बीच पटना के फतुहा प्रखंड में पुनपुन का रिंगबांध टूट जाने के कारण कई अन्य गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है भगवानपुर गंगापुर देवरसौखी दौलतपुर फतेहपुर अलावलपुर नत्थुपुर सहित कई नये इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं हालांकि पुनपुन नदी का जलस्तर पहले से घटा है लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद राहत शिविर से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि राज्य की सभी नदियों का जलस्तर अब गिरने लगा है पुनपुन के साथ ही गंगा ब्रढ़ी गंडक बागमती और महानंदा नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोगों को राहत मिली है उन्होंने बताया कि विभाग के वरीय अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुये हैं पुनपुन नदी के रिंगबांध की मरम्मती का कार्य तेजी से चल रहा है जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल हो जायेगी रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने से पटना गया और बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर आज लगातार चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाधित है इस मार्ग की कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है बड़ी संख्या में सवारी गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है आज भी पटना रांची जनशताब्दी पटना रांची एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट हटिया कोसी एक्सप्रेस पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस और पटना धनबाद दामोदर गंगा एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी पटना समेत राज्यभर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापति मां दूर्गा की मूर्तियों के समक्ष विशेष पूजा के लिये महानुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है दूर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है पंडालों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है विभिन्न पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में या उसके किनारे मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है साथ ही प्रतिमा के निर्माण में पानी में अघुलनशील पदार्थ जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस थर्मोकोल सहित अन्य का प्रयोग वर्जित कर दिया है मूर्ति रंगने में पेंट और केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होगा मिशन के डायरेक्टर जनरल ने बिहार सहित कई राज्यों को जारी आदेश में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है आदेश न मानने वालों को पच्चास हजार रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे केंद्र सरकार की मदद से बिहार के कांवर बरेला और मोतीझील को विकसित किया जायेगा इन तीनों का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा इसमें कुशेश्वर स्थान को भी शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये केंद्र सरकार वेटलैंड यानि आर्द्रभूमि के विकास पर काम कर रही है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना की सभी श्रेणियों के युद्ध शहीदों के निकट परिजनों के लिए आर्थिक सहायता दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है यह वित्तीय सहायता सेना युद्ध शहीद कल्याण कोष के तहत दी जाएगी राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी अब सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ का लाभ मिलेगा प्रारंभिक से लेकर प्लस दू तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के साढ़े चार लाख नियोजित शिक्षकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा भविष्य में नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान करने वालों को भी इस सुविधा से जोड़ा जायेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है शहीद के परिजनों को चार गुना आर्थिक मदद दैनिक जागरण ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है और मजबूत हुयी दिल्ली व ढाका के रिश्तों की डोर दैनिक भास्कर ने दुर्गा पूजा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है बिहार में डाकबंगला पंडाल सबसे भव्य इसी खबर को प्रमुखता देते हुये दैनिक आज ने लिखा है पट खुले उमड़े श्रद्वालु प्रभात खबर ने नगर निगम की बैठकों की खबर को प्रमुखता देते हुये सुर्खी लगाया है बारह सालों में एक सौ बीस बैठकें सांसद विधायक एक बार भी नहीं पहुंचे और अब अंत में मुख्य समाचार पटना के निचले इलाकों में जलजमाव के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ा

शारदीय नवरात्र के आठवें दिन माता महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना